नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर केन्द्र सरकार और किसान संगठनों के बीच कल होगी वार्ता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

हाड़ कंपकंपाने वाली सर्दी से जन जीवन प्रभावित है सीकर जिले के फतेहपुर में आज पारा शून्य से तीन दशमलव दो डिग्री नीचे पहुंच गया है

इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर पूर्वी राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का अलर्ट जारी किया हैं विभाग ने जयपुर भरतपुर बीकानेर कोटा और अजमेर संभाग के लगभग दो दर्जन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हैं मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी हवाओं का दौर शुरू हो गया हैं इसकी वजह से शेखावाटी अंचल और बीकानेर संभाग के कई इलाकों में अतितीव्र शीत लहर चलने और गलन भरे दिन रहने की आशंका हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रदेश में पड़ रही तेज सर्दी को देखते हुए लोगों से हैल्थ प्रोटोकॉल में लापरवाही नहीं बरतने का आग्रह किया है उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से प्रदेशवासियों को आगाह करते हुए बच्चों और बुजुर्गों से विशेष सावधानी बरतने को कहा है

विदेश व्यापार के महानिदेशक की ओर से जारी एक अधिसूचना में प्याज की सभी किस्मों के निर्यात की अनुमति दे दी गई है सरकार ने प्याज की कीमतें बढ़ने के कारण सितम्बर में इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था

कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने एक ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी सरकार और किसानों के बीच गतिरोध दूर करने के लिए यह छठे दौर की बातचीत होगी

इस वार्ता में कृषि कानूनों के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य और वायु गुणवत्ता तथा बिजली संबंधी कानूनों पर भी चर्चा होगी

यह हादसा एक तेज रफ्तार गाड़ी के सड़क से उतरकर गड्ढे में गिरने से हुआ हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मृत्यू हो गई और एक गंभीर घायल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया हादसे में छह लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिनका कोटा के एमबीएस अस्पताल में इलाज चल रहा है कैथून के रहने वाले ये लोग बारां में एक समारोह में भाग लेने के बाद कोटा लौट रहे थे

हादसे में तीन लोगों की गंभीर हालात होने पर जिला अस्पताल में रैफर किया गया बाकी लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया

आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृखंला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिये हमारे श्रोता का संदेश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

राजधानी जयपुर में कल कई महीनों बाद सौ से कम नए मरीज मिले हैं

धौलपुर में एक भी मामला सामने नहीं आया है

वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक में सरकार द्वारा गठित स्टेट स्टेयरिंग कमेटी के सदस्य शामिल हुए